चम्बा ज़िले में लगातार चार बार महसूस किए गए भूकम्प के झटके लोग सहमे जनजातीय क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से प्रदेश में ठण्ड बढ़ी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सभी ज़िला उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में ये बात कही

मुख्यमंत्री ने ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और शहरी क्षेत्रों में मजदूरों को आश्रय दिया जाना चाहिए जयराम ठाकर ने उपायुक्तों को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जहां लोग आसानी से सब्जियां और दूध खरीद सकें और उचित सामाजिक दूरी भी बनी रहे रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला

हर्षवर्धन कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से सामुदायिक निगरानी व्यवस्था कारगर ढंग से लागू करने को कहा है पिछले एक महीने के दौरान बाहरी देशों से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रखने को भी कहा गया है

स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्णबंदी का सख्ती से पालन कराने तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने का भी निर्देश दिया उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को लाने ले जाने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया ताकि डॉक्टरों नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की कमी न होने पाए

यह कीमत बिना बुनाई वाले मास्क पर तीस जून तक के लिए लागू रहेगी इससे पहले केन्द्र सरकार ने दो और तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क की कीमत आठ और दस रुपये में निर्धारित की थी सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू के दौरान राज्य के सभी निजी स्कूल को आगामी आदेशों तक विद्यार्थियों से फीस नहीं लेने के निर्देश दिए हैं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सभी आईसी एसई सीबीएसई और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड संबद्ध सभी निजी स्कूल इन आदेशों का पालन करें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बचाव के चलते प्रदेश में लागू कर्फ्यू को देखते हुए छात्राओं व अभिभावकों की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया कि टांडा मैडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण के उपचाराधीन दो व्यक्तियों में से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है

उन्होंने आज शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों और पार्टी के जिला व मण्डल अध्यक्षों से संवाद करते हुए इस दिशा में एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया

ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कि इनमें एकल नारिया बुजुर्ग और विधवाएं शामिल हैं

भुकम्प चम्बा ज़िले में आज दोपहर बाद करीब सवा घंटे के अंतराल में भूकम्प के चार झटके महसूस किए गए

लगातार आए इन भूकम्प के झटकों से फिलहाल जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है मगर लोग सहमे हुए हैं मौसम प्रदेश में इस बार लोगों को मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में भी ठण्ड से राहत नहीं मिल पा रही है जनजातीय ज़िलों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित कल्लू व चम्बा ज़िले की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से हल्का हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है बर्फबारी व वर्षा से प्रदेश में एक बार फिर ठण्ड बढ़ गई है हिमपात से मनाली लेह मार्ग सहित रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने का कार्य बाधित हुआ है इधर राजधानी शिमला सहित निचले ज़िलों में रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी है

मिल्कफैड के अध्यक्ष निहाल चंद ने कहा कि दुग्ध सहकारी सभाओं के सोसाइटी कमीशन को भी बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है महंगाई प्रदेश में कर्फ्यू के दौरान कई स्थानों पर दुकानदारों ने फल और सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं सोलन में लॉकडाउन के बाद सब्जी मण्डी में फल और सब्जियों कमी के चलते इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है लोगों ने इस संबंध में प्रशासन से उचित कदम उठाने का आग्रह किया है ताकि उन्हें राहत मिल सके

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा आंगनबाड़ी ऊना जिला में आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को आवश्यक वस्तुएं बांटी जा रही है जिला कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने आज से गर्भवती महिलाओं बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति शुरू कर दी है इसके अलावा लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से जागरूक किया जा रहा है